दिल्ली में शाहीन बाग प्रदर्शन मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया था जो गलत है कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नही किया जा सकता

श्री सोनी ने आज एसीबी मुख्यालय में अपना पदभार संभालने के बाद मीडिया से कहा कि ब्यूरो में जो अच्छा काम हो रहा उसे जारी रखा जायेगा तथा तत्कालीन प्रकरणों के साथ इस पर बल दिया जायेगा कि कहां कहां किस किस कारण से भ्रष्टाचार हैं

मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान आयोजक समारोह स्थल पर आने वाले लोगों के मास्क पहनने उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे साथ ही रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होना भी सुनिश्चित किया जाएगा रामलीला और अन्य समारोह में भी लोगों की संख्या का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल से पहुंचे जनता को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम छह फूट की दूरी बनाए रखें धार्मिक स्थानों पर प्रतिमाओं और पवित्र धर्म ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस उच्च दर से भारत ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष देशों में स्थान हासिल कर लिया है जहां संकमण के सबसे अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं

बोर्ड के सचिव अरविंद सेंगवा ने बताया कि अब स्कूलों को संबद्वता के लिए दो बार की बजाय एक बार ही आवेदन करना पड़ेगा साथ ही आवेदन करने वाले स्कूल को पांच साल में दस्तावेज जमा कराने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा उन्होंने बताया कि बोर्ड ने स्कूलों की मदद के लिए एक हैल्प डेस्क भी शुरू की है

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा शिक्षा संकुल में इसे जारी करेंगे

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें